प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने नागरिकों और पुलिसकर्मियों से मुलाकात के लिए स्मार्ट अपाइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्रारंभ किया है भाजपा ने कहा है कि किसानों के मुद्दों को लेकर बाईस जनवरी को छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के खिलाफ जेल भरो आंदोलन किया जाएगा

इन रेलगाड़ियों के माध्यम से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक की यात्रा और सुगम हो जाएगी श्री मोर्दी ने कहा कि आज हम सबके लिए ऐतिहासिक दिन है आज एक भारत श्रेष्ठ भारत अपने सुन्दर रूप में परिलक्षित हो रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय रेल के इतिहास में पहली बार देशभर से आठ रेलगाड़ियां एक साथ एक गन्तव्य से जुड़ गई हैं उन्होंने कहा कि आज भारतीय रेल का मिशन और सरदार वल्लभभाई पटेल की परिकल्पना का समागम हुआ है श्री मोदी ने कहा कि केवड़िया के समान कोई दूसरा स्थान नहीं है और यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सरदार सरोवर बांध से जाना जा सकता है

उन्होंने कहा कि नवोद्योग ने कोरोना महामारी के दौरान सेनेटाइजर्स और पीपीई किट की उपलब्धता सुनिश्चित करने और संबंधी आपूर्ति श्रंखला बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है प्रधानमंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रारंभ स्टार्टअप भारत अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे श्री मोदी ने विपरीत परिस्थिति में अवसर तलाशने और आपदा के दौरान विश्वास पैदा करने की स्टार्टअप की भावना की सराहना की प्रधानमंत्री ने देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए करीब एक हजार करोड़ रुपये के स्टार्टअप के लिए स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की घोषणा की पीडीएस खाद्यान्न वितरण प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत फरवरी माह के खाद्यान्न का वितरण और आवंटन इसी माह जनवरी में किया जाएगा धान खरीदी के लिए अतिरिक्त बारदाने की प्रतिपूर्ति करने राज्य शासन ने यह अनुमति दी है आदेश के मुताबिक सभी जिलों के खाद्य नियत्रंक और खाद्य अधिकारियों को खाद्यान्न वितरण के बाद पीडीएस के बारदानों को धान खरीदी के लिए उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ ने इस संबंध में सभी जिला विपणन अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं प्रदेश में बारदानों की संभावित कमी को देखते हुए किसानों के पुराने जूट बारदानों में भी धान खरीदी की अनुमति दी गई है मिलरों से प्राप्त होने वाले पुराने बारदानों की पूर्ति भी लक्ष्य के अनुसार करने के निर्देश दिए गए हैं मिलरों से लगभग दो लाख उनहत्तर हजार गठान बारदाने प्राप्त करने का लक्ष्य है वहीं किसानों को उनके द्वारा उपलब्ध कराए जा चुके बारदानों का भुगतान निर्धारित दर पर किया जाएगा उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अब तक लगभग छिहत्तर लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी कर ली गई है वहीं मिलरों द्वारा इक्कीस लाख तिरसठ हजार मीट्रिक टन धान का उठाव किया गया है कोरोना टीकाकरण भारत में कल दुनिया का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान शुरू हो गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसकी शुरुआत की अभियान के पहले दिन एक लाख इंक्यानवे हजार से अधिक लोगों को टीके लगाये गये केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति पर टीके के दुष्प्रभाव के कारण अस्पताल में भर्ती होने की खबर नहीं है भारतीय सीरम संस्थान द्वारा तैयार किया गया टीका कोविशील्ड सभी राज्यों को भेजा गया था भारत बायोटेक की कोवैक्सीन बारह राज्यों में पहुंचाई गई केन्द्र सरकार के अनुसार टीकाकरण अभियान के शुरू होने से देश में कोरोना महामारी समाप्त होने की संभावना है इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह अभियान मानवीय सिद्धांतों पर आधारित है और टीकाकरण के लिए प्राथमिकता ऐसे लोगों को दी जा रही है जिनके संक्रमित होने का खतरा सबसे अधिक रहा है प्रधानमंत्री ने कोरोना के लिए वैक्सीन बनाने में जुटे वैज्ञानिकों की सराहना की उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि देश के पास बहुत कम समय में कोरोना के दो मेड इन इंडिया टीके उपलब्ध हैं

इतना ही नहीं कई और वैक्सीन पर भी काम तेज गति से चल रहा है ये भारत के सामर्थय भारत की वैज्ञानिक दक्षता भारत के टैलेंट का जीता जागता सब्रत है प्रधानमंत्री ने दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र दोहराते हुए लोगों से अनुरोध किया कि वे पहला टीका लगाए जाने के बाद मास्क उतारने और परस्पर सुरक्षित दूरी की अनदेखी करने की गलती न करें

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में पहले दिन नौ हजार एक सौ पैंतीस शेड़यूल स्वास्थ्य कर्मियों के विरूद्ध पांच हजार पांच सौ बयानवे स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया है पहले चरण में दो लाख सड़सठ हजार स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा टीका लगाने के लिए संतानवे केन्द्र बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ को केन्द्र सरकार ने पहली खेप में भारतीय सीरम संस्थान द्वारा निर्मित कोविशील्ड के तीन लाख तेईस हजार टीके उपलब्ध कराए हैं ये टीके आईसीएमआर द्वारा प्रमाणित है इसकी जानकारी को विन पोर्टल में दर्ज की गई है टीकाकरण के बाद किसी भी तरह की प्रतिकूल घटना या आपात स्थिति के प्रबंधन के लिए राज्य स्तर से लेकर टीकाकरण स्थलों तक एईएफआई प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है विशेषज्ञों के अनुसार वैक्सीन की पहली खुराक के अट्ठाईस दिनों के भीतर दूसरी खुराक लेना होगा दूसरी खुराक लेने के दो सप्ताह के अंदर आमतौर पर एंटी बॉडी का सुरक्षात्मक स्तर इम्यूनिटी विकसित होती है वहीं राजनांदगांव जिले में कोरोना टीकाकरण के प्रति लोगों में जागरूकता के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया इस दौरान शोभा यात्रा भी निकाली गई जिसमें डॉक्टरों के साथ नागरिकों और बच्चों ने भी हिस्सा लिया प्रदेश में आज अवकाश होने के कारण किसी भी केन्द्र में स्वास्थ्य कर्मियों को कोराना टीका नहीं लगाया गया जांजगीर चांपा के नवागढ़ पामगढ़ सक्ती और बम्हनीडीह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कल अट्ठारह जनवरी को तथा डभरा मालखरौदा और जैजेपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में बीस जनवरी को स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना टीका लगाया जाएगा

इसके तहत मुलाकात करने वालों के लिए मोबाइल के माध्यम से पूर्व निर्धारित समय और तिथि की व्यवस्था रहेगी अपाइंटमेंट लेने के लिए वाट्सऐप नंबर नौ चार सात नौ एक नौ चार नौ आठ आठ पर संदेश भेज सकते हैं पुलिस महानिदेशक ने बताया कि नागरिकों पुलिसकर्मियों या उनके परिजनों द्वारा वाट्एऐप नंबर पर संदेश भेजते ही उनके मोबाइल नंबर पर लिंक प्राप्त होगी लिंक पर क्लिक करते हुए अपाइंटमेंट के लिए आवेदन किया जा सकता है आवेदन में नाम पता मोबाइल नंबर मिलने का कारण आदि सामान्य जानकारी भरनी होगी इसके बाद पुलिस मुख्यालय द्वारा आवेदक के मोबाइल नंबर पर डीजीपी से मुलाकात के लिए आगामी तिथि और समय की जानकारी भेजी जाएगी पुलिस महानिदेशक ने बताया कि नागरिकों और पुलिसकर्मियों अथवा उनके परिजनों की सुविधा के लिए यह नई व्यवस्था शुरू की जा रही है इससे नागरिकों तथा पुलिसकर्मियों की समस्याओं को सुनने और निराकरण में आसानी होगी भाजपा बयान भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर किसानों से वादाखिलाफी करने का आरोप लगाया है पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने रायपुर में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि प्रदेश भाजपा द्वारा किसानों के मुद्दों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ बाईस जनवरी को जेल भरो आंदोलन किया जाएगा इस आंदोलन में पार्टी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन भी शामिल होंगे वहीं राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम और विधायक नारायण चंदेल ने बलरामपुर में आयोजित पत्रकारवार्ता में राज्य सरकार पर किसानों से वादाखिलाफी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में अव्यवस्था है जिससे किसान परेशान हैं उन्होंने केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए नौ हजार करोड रूपए का हिसाब भी राज्य सरकार से मांगा है इधर भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल ने धान खरीदी व्यवस्था में अनियमितता का आरोप लगाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है उन्होंने कहा कि धान खरीदी के पंजीयन में त्रटियां होने के कारण पीड़ित किसान अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं बर्ड फ्लू प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद सतर्कता बढ़ा दी गई है राजनांदगांव जिले में कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने बर्ड फ्लू के संक्रमण के सुरक्षा के संबंध में पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों और पोल्ट्री फॉर्म व्यवसायियों की बैठक ली कलेक्टर ने व्यवसायियों से कहा कि मुर्गियों में बर्ड फ्लू के लक्षण दिखने पर पशुधन विकास विभाग को तत्काल सूचित करें जिससे समय रहते सुरक्षित उपाय किए जा सके राजनादगांव जिला महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश से लगा हुआ है जहां बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है इसके मद्देनजर पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों को लगातार निगरानी करने और बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए विशेष सावधानियां बरतने को निर्देश दिए गए हैं वहीं बालोद जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद पोल्ट्री फॉर्म की लगभग साढ़े दस हजार मुर्गियों सहित एक सौ पचहत्तर देशी मुर्गियों और बत्तीस कबूतरों को दफनाया गया है साथ ही संक्रमित स्थान के दस किलोमीटर दायरे में चिकन की बिक्री पर रोक लगा दी गई है और लगातार निगरानी की जा रही है माओवादी वारदात बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के उद्देश्य से लगाए गए बम के प्रेशर स्वीच पर सुअर का पैर पड़ने से विस्फोट हो गया हालांकि इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि होने की खबर नहीं है मिली जानकारी के मुताबिक गंगालूर थाना क्षेत्र में जिला पुलिस बल डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी और छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल सीएएफ की संयुक्त टीम सर्चिंग पर निकली थी इस दौरान पुसनार बेचापाल के बीच सड़क से करीब सौ मीटर की दूरी पर यह विस्फोट हुआ मौके से दो टिफिन बम और पचास किलो का स्पाईक भी बरामद किया गया है वहीं सुकमा जिले के एर्राबोर थाना क्षेत्र के एटेगट्टा से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवानों ने एक वारंटी माओवादी को गिरफ्तार किया है इसी जिले में कुकानार के कुन्ना इलाके से भी सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है इन दोनों माओवादियों पर कई हिंसक वारदातों में शामिल रहने का आरोप है द् पइडिल सुपोषण बर बस्तर से कुपोषण को समाप्त करने और सुपोषित बस्तर की कल्पना को साकार करने के लिए आज चित्रकोट जलप्रपात से मिचनार तक साइकिल रैली का आयोजन किया गया दू पइडिल सुपोषण बर कार्यक्रम के तहत आयोजित इस रैली को सांसद दीपक बैज ने झंडी दिखाकर रवाना किया श्री बैज के साथ क्षेत्रीय विधायक राजमन बेंजाम भी शामिल हुए इस जन जागरूकता रैली में बच्चों और बुजुर्गो सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भी हिस्सा लिया इस अवसर पर चित्रकोट जलप्रपात में साहसिक खेलों का भी आयोजन किया गया भिलाई मेहुल शर्मा केन्द्रीय खेल और युवा कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद में भिलाई के मेहुल शर्मा ने छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया नई दिल्ली स्थित संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में वोकल फॉर लोकल भारत को महाशक्ति बनाने के लिए क्रांतिकारी मार्ग विषय पर अपनी बात रखी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट कर मेहुल शर्मा के वक्तव्य की सराहना की है संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज रायपुर में आयोजित शोकसभा में पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल की पत्नी स्वर्गीय सरला देवी शुक्ल के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी

पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने बताया कि सामुदायिक पुलिसिंग के तहत गंगानगर के शासकीय स्कूल में पचास बच्चों को निःशुल्क कराते का प्रशिक्षण दिया जा रहा है आबकारी विभाग की टीम ने बिलासपुर जिले में शराब के अवैध कारोबार के तीन अलग अलग मामलों में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है आरोपियों के पास से सात पेटी शराब और वाहन जब्त किया गया है

जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया रायगढ़ जिले में सारंगढ़ मार्ग पर ग्राम तितला के पास ट्रक की टक्कर से मोटर साइकिल सवार एक व्यक्ति घायल हो गया शिवसेना द्वारा कल अट्ठारह से बीस जनवरी के बीच बेरोजगार किसान मोर्चा का आयोजन किया जाएगा इसके तहत पार्टी के कार्यकर्ता देवरी से रवाना होंगे और राजनांदगांव दुर्ग भिलाई होते हुए रायपुर पहुंचकर प्रदर्शन करेंगे